इस वृद्धि के बाद रेपो दर साढे छह रिवर्स रेपो दर सवा छह प्रतिशत हो गई है सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है आरबीआई ने पिछले दो महीने मे दूसरी बार बढोतरी की है छह जून को भी द्विवार्षिक समीक्षा के दौरान रिजर्व बैंक ने आम राय से दरों में चौथाई प्रतिशत की वृद्धि की थी

इसमें स्वच्छता के स्तर के आधार पर देश के विभिन्न जिलों का दर्जा तय किया जायेगा स्वच्छता सर्वेक्षण से साफ सफाई की सुविधाओं में सुधार के लिए आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी एक महीने तक चलने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर चुने जाने वाले सबसे अच्छे जिलों और राज्यों को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण और उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई और ग्रामीणों की मौखिक तथा ऑनलाईन राय सर्वेक्षण के मापदण्ड होगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेने की अपील की है

आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रक प्रश्नों के उत्तर में संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जन राम मेघवाल ने कहा कि पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला समिति की रिपोर्ट आने के बाद किया जायेगा उन्होंने कहा कि समिति अक्तूबर में अपनी सिफारिशें देगी

भाजपा प्रवक्ता पंकज मीना ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि नये कोर्ट खुलने से बाल यौन अपराधों के मामले में पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल पाएगा

नई मांओ और गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के फायदों की जानकारी देने और इससे जुडी भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से हर वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे कई मतदाताओं की भागसंख्या और मतदान केन्द्रों में कुछ बदलाव हआ है इसके समाधान के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध करवाया है जिसकी मदद से कोई भी मतदाता अपने मतदान केन्द्र सहित अन्य सारी जानकारी पता लगा सकता है मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चैक कर सकते हैं

सस्ती दरों पर मिलने वाले एलईडी बल्बों और ट्यूबलाइट से लोगों के बिजली के बिलों का खर्च कम हो गया है और साथ ही ऊर्जा बचत को भी प्रोत्साहन मिला है

सवाईमाधोपुर जिले में आज से सघन वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ

टोंक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढाओ जागरूकता रैली निकाली गई